मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड वैक्सीन निर्माता कम्पनी को अविलम्ब बैक्सीन की आपूर्ति के निर्देश दिये है और प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी कार्यालय कल से तीन दिनों के लिए बन्द रहेगें शासन ने जिलाधिकारियों को आवश्यकतानुसार कफ्यू लागू करने के लिए अधिकृत किया कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की

श्री मोदी ने कहा कि अब कॉरपोरेट सेक्टर और निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन देने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगी उन्होंने कहा कि केन्द्र का निरूशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केन्द्र सरकार के निरूशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें उन्होंने लोगों से आग्रह किया वैक्सीन लें सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र नहीं भूलना चाहिए

श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने में पूरी शक्ति से जुटी हुई है और राज्य सरकारें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है दवा उद्योग वैक्सीन निर्माताओं ऑक्सीजन उत्पादन और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कोविड महामारी पर केन्द्रित मन की बात की इस कड़ी के दौरान श्री मोदी ने कोरोना योद्वाओं से बातचीत की प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता रात दिन लोगों की सेवा में जुटे हैं

इन संयंत्रों में प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन बनाई का उत्पादन होगा यह फैसला अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश के अनुरूप किया गया प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि ये संयंत्र जल्द से जल्द चालू हो जाने चाहिए यह संयंत्र विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में जिला मुख्यालयों में निर्धारित सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे इनमें से प्रत्येक अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है इससे अस्पतालों के साथ साथ जिले में मेडिकल ऑक्सीजन की दैनिक आवश्यकता पूरी करने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री कोविड समीक्षा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेशवासियों का कोविड वैक्सीनेशन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी यह बात मुख्यमंत्री ने आज कोविड संक्रमण को लेकर अपनी नियमित समीक्षा के दौरान कही उन्होंने कोविड वैक्सीन निर्माता कम्पनी को अविलम्ब बैक्सीन की आपूर्ति के निर्देश दिये है मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन मौजूद है जिसका सही इस्तेमाल जरूरी है उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश में किसी भी मरीज की आक्सीजन के अभाव मृत्यु न हो और आक्सीजन प्लांट का पूरी क्षमता से उपयोग में लाये जाएं

कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगामी सोमवार से बुधवार तक सभी सरकारी कार्यालय बन्द रहेगें इसके साथ ही शासन ने जिलाधिकारियों को अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार जिले में कफ्यू लागू करने को अधिकृत कर दिया है

शासन ने आरटीपीसीआर टेस्ट कराने वालों को आइसोलेट रहने को कहा है शासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए आन लाईन अथवा अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कार्य करने वाले निजी विद्यालयों को विद्यालय बन्द रहने की अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क ही लेने को कहा है

मुलाकात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की इस अवसर पर उन्होंने कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु अपने कार्यकाल में उठाए गए कदमों और अनुभवो को साझा किया

उन्होंने कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों की जान बचाने के लिये प्रदेश सरकार को सख्ती बरतने से भी नहीं हिचकना चाहिये

इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अप्रैल माह की मन की बात को सुना और कहा कि मन की बात में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रधानमंत्री द्वारा साझा की गई इस बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने आज प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी प्रदीप बत्रा प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच रुड़की में कोविड मरीजो की असुविधाओं को देखते हुए सिंचाई विभाग के भवन का अधिग्रहण किया गया है

भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यहां कोविड के मरीजों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है इस कार्य में कई सामाजिक संस्थाएं भी उनका सहयोग कर रही है

यह जानकारी सरकारी सूचना में दी गयी है

जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत काग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेशवासियों विशेषकर जैन समुदाय को शुभकामनाएं दी है श्रद्वाजंलि पूर्व केन्द्रीय मंत्री हेमवती नन्दन बहुगुणा की जयन्ती पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्दाजंलि दी गयी प्रदेश काग्रेस उपाध्यक्ष सूर्य कांत धस्माना ने खर्गीय बहुगुणा को श्रद्धासुमन अर्तित करते हुये कहा कि उन्होंने धर्म निरपेक्षता के सिद्वान्त पर कभी समझौता नहीं किया